कड़ाके की ठण्ड से किन्नौर जिले में जमीं पानी की पाईपें पेयजल की समस्या बढ़ी

चण्डीगढ़ से शिमला पहुंचने पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है चुनाव प्रचार में प्रदेश सरकार के व्यस्त रहने के दौरान राज्य में विकास कार्य प्रभावित होने संबंधी विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वे दिल्ली से खुद निगरानी कर रहे थे सीमेंट के बढ़े दाम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान निकाला जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन फिर भी चीन सहित अन्य देशों से लौटे लोगों की निगरानी की जा रही है मुख्यमंत्री इससे पहले पंचकूला में एक निजी चैनल के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार बिना किसी प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन गृहिणी सुविधा और हिमकेयर जैसी योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आए हैं मुख्यमंत्री ने मोहाली में चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिकरत की उन्होंने कहा कि आज आर्थिक आवश्यकताओं के कारण तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी में आज अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

उन्होंने विभागों को मेले में लगने वाली प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए

बिलासपुर में एडीएम विनय धीमान ने बताया कि इससे पंजीकरण से लेकर क्लेम की स्थिति तक आ रही समस्याओं से निजात मिल सकेगी

न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने युवाओं को नशाखोरी से बचाने और संस्कार व संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया है मण्डी जिले के कंसा चौक में आज कानूनी जागरूकता शिविर में उन्होंने बच्चों में स्मार्टफोन इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताई और कहा कि सैलफोन अपराध का हथियार बन रहे हैं उन्होंने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जंगलों के संरक्षण पर भी बल दिया

परीक्षा पर्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर मण्डी में आज जिला स्तरीय परीक्षा पर्व कार्यशाला आयोजित की गई इस दौरान अध्यापकों को परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों में तनाव द्रर करने के तरीकों की जानकारी दी गई आयोग की प्रदेश अध्यक्ष वंदना कुमारी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं देश के सभी राज्यों और सभी जिलों में आयोजित की जा रही हैं

मंत्रालय ने लोगों से साबुन और पानी या एल्कोहल वाले घोल से बार बार हाथ धोने के लिए कहा है खांसते या छीकतें समय टीशू से मुंह और नाक को ढकने की सलाह दी गई है और जिन लोगों को बुखार या जुकाम है उनसे दूरी बनाए रखने को कहा है मंत्रालय ने लोगों से जंगली और खेत के जानवरों से बचने को भी कहा है एहतियात इधर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर प्रदेश में विशेष एहतियात बरती जा रही है कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण से कई लोगों की मौत हुई है ऐसे में चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों से आने वाले लोगों या पर्यटकों के प्रति विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है उन्होंने कहा कि इन देशों से आने वाले लोगों में वायरस की आशंका की स्थिति में टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर सूचना दी जा सकती है उधर नाहन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी केके पराशर ने बताया कि सिरमौर जिले में अभी तक कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं पेयजल किन्नौर जिले में बार बार हो रही बर्फबारी और कड़ाके की ठण्ड से पानी की पाईपे जमने से पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है ऐसे में जिले के लोगों को पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों स्थानीय लोग बर्फ पिघलाकर या काफी दूर से पानी लाने का मजबूर हैं उधर उपायुक्त गोपाल चंद ने माना कि कड़ाके की ठण्ड से जिले में पानी की समस्या चल रही है उन्होंने कहा कि भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए प्रयोग के तौर पर रिकांगपिओ और कल्पा के विश्राम गृहों में इन्सुलेटिड पाईपे बिछाई जाएंगी उन्होंने कहा कि प्रयोग सफल रहने पर इसका विस्तार किया जाएगा

राम कुमार उद्योग बागवानी और श्रम व रोजगार विभाग में स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ऊना जिले के बाथू में आज कार्यशाला का आयोजन किया इस अवसर पर औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने स्वरोजगार सुजन की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया ताकि युवा इनसे लाभान्वित हो सके आपदा शिमला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की बैठक उपायुक्त अमित कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई उन्होंने विभागों को प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए उधर सोलन में आपदा प्रबंधन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ इस आयोजन का उद्देश्य आपदा के समय विभागों में तालमेल स्थापित करना है

एसोसिएशन के प्रधान एचआर वशिष्ठ बैठक की अध्यक्षता करेंगे